उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण है और इससे प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि ऊना हमीरपुर रेल लिंक को भारत सरकार शत प्रतिशत धन राशि उपलब्ध करवाए जिसके लिए मामला पहले ही केन्द्र से उठाया जा चुका है मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों को लाईसेंस शुल्क से छूट देने का भी आग्रह किया आग कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल में थाटीबीड़ पंचायत के गनयोली गांव में कल रात ढाई मंजिला मकान में आग लगने से दो व्यक्तियों की ज़िंदा जलकर मृत्यु हो गई मृतकों की पहचान शेर सिंह व लाल सिंह के रूप में हुई है और ये दोनों पिता पुत्र थे घर में मौजूद मृतक शेर सिंह की पत्नी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रही स्थानीय ग्रामीणों व दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया आग लगने के कारणों का पत्ता नहीं चल पाया है वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने प्रभावित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है

आधार सेवा केन्द्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर हर दिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक खुले रहेंगे मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में आज रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है मौसम विभाग ने आज अधिक उंचाई व मध्यवर्ती इलाकों में हिमपात और निचले मैदानी इलाकों में वर्षा की संभावना जताई है विभाग ने उंचाई व मध्यमवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात की चेतावनी भी जारी की है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से दिल्ली में हुई भेंट को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है संसद परिसर में पीएम मोदी और केन्द्रीय मंत्रियों से मिले जयराम दैनिक जागरण का शीर्षक है जयराम ने दिल्ली में पीएम से की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी बोले हिमाचल की हरसंभव मदद करेंगे हिमाचल दस्तक के शब्द हैं दिल्ली में पीएम से मिले सीएम इन्वेस्टर्स मीट की प्रोग्रेस बताई आपका फैसला लिखता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री से की चर्चा अजीत समाचार के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जयराम द्वारा मोदी से मुलाकात पंजाब केसरी लिखता है मंत्रिमंडल विस्तार पर हाईकमान से मंथन अभी निर्णय नहीं करना पड़ेगा इंतजार दिव्य हिमाचल का कहना है मंत्रिमंडल विस्तार को मोदी की हां दैनिक भास्कर की एक खबर है अगले साल से शुरू होगा हिमाचल में दो ग्रीन नेशनल हाईवे बनाने का काम कार्यकारिणियां भंग होने पर और बढ़ा कांग्रेस में घमासान शीर्षक से अमर उजाला लिखता है दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर चलाए शब्दबाण राठौर ने थपथपाई अपनी पीठ तो सुक्खू ने उठाए सवाल दिव्य हिमाचल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है मेरी बातों की अनदेखी से कमजोर हुई कांग्रेस

कुल्लू के बंजार में अग्निकांड में पिता पुत्र के जिंदा जलने से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

नमस्कार